ऊना में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध मुख्यमंत्री ने दवा निर्माता कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग में साईबर अपराधों की जांच के लिए अलग विभाग स्थापित करने पर दिया बल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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश में सभी फोरलेन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कालका शिमला फोरलेन परियोजना के तहत सोलन कैथलीघाट के कार्य को अगले वर्ष अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्घारित करने के निर्देश दिए

जयराम ठाक़र ने कैथलीघाट ढली फोरलेन परियोजना का मुद्दा जल्द सुलझाने की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं में वन स्वीकृतियों के कार्य को शीघ्र पूरा करने को भी कहा ताकि इनके कार्य में विलम्ब न हो

जयराम वेबीनार मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं शिमला से बल्क ड्रग पार्क पर फार्मा उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वेबीनार की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जहां बिजली और पानी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है

उन्होंने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए उर्जा वायु रेल और सड़क सम्पर्क जैसी बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए दवा उद्योग से संबंधित बड़ी कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क बनने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वेबीनार में शामिल हुए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बढ़ते साईबर अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस विभाग में अलग साईबर अपराध विभाग स्थापित करने की जरूरत बताई है शिमला स्थित राजभवन में महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने पर बल दिया राज्यपाल ने महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में प्रदेश के आंकड़ों पर संतोष जताया बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित जिम्मेदारी देने और विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की अलग टीम गठित करने की भी आवश्यकता बताई उन्होंने सभी संबंधित विभागों से तालमेल के साथ काम करने और नियमित बैठकों के आयोजन पर बल दिया इस अवसर पर पुलिस महानिदेश संजय कुंडू अतिरिक्त मुख्य सचिव नीशा सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना के बंगाणा में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि मिनी सविचालय के साथ साथ ब्लॉक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है विक्रम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री विक्रम ठाक्र ने आज कांगड़ा जिला के परागपुर में राजकीय आयुर्वेदिक व स्वास्थ्य पंचकर्म केन्द्र का विधिवत शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केन्द्र प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग व पर्यटन विभाग का सांझा उपक्रम होगा और धरोहर गांव के पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि करेगा विक्रम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में भारतीय चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेद ने संजीवनी का कार्य किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और स्वदेशी पारम्परिक उपचार की विधाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है विक्रम ठाकुर ने कहा कि भारतीय उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं कोरोना काल में आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हए कहा है कि पिछले दिनों किसी कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ सहित आज सुबह रैपिड एंटीजन कोरोना टैस्ट करवाया था गोविंद ठाकुर ने कहा है कि इस टैस्ट में उनकी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई है वे चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार घर में आइसोलेट हो गए हैं और अपने सम्पर्क में आए सभी लोगों से स्वास्थ्य जांच कराने का उन्होंने आग्रह किया है

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहप्र क्षेत्र के हारचकियां व ठेहड़ महिला मण्डल भवनों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा पेजयल व विद्युत क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं

इलैक्ट्रिक बस राज्य पथ परिवहन निगम की पहली इलैक्ट्रिक बस का आज मनाली से केलंग के बीच सफल ट्रायल कराया गया

इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईंधन की बचत होगी और सर्दियों में अधिक ठण्ड के कारण बसों को स्टार्ट करने की परेशानी से भी निजात मिलेगी उल्लेखनीय है कि इससे पहले सर्दियों के दौरान रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी के कारण मनाली और केलंग के बीच इलैक्ट्रिक बस चलाना सम्भव नहीं था लेकिन अब अटल टनल रोहतांग के शुरू होने से ये आसान हो गया है

इनमें अदद बैड व्हील चेयर बीपी चैक उपकरण फेस शील्ड सहित अन्य उपकरण शामिल हैं

राठौर ने कहा कि वे जल्द ही टांडा और नेरचौक मैडिकल कॉलेज को ऐसे ही स्वास्थ्य उपकरण भेंट करेंगे

एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भरमौर क्षेत्र में कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रहेगा और लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी उन्होंने कुगती में हड़सर की तर्ज पर मल निकासी योजना की मांग पर इसकी डीपीआर बनाने की भी बात कही